मुजफ्फरपुर की शिवांगी ने रचा इतिहास

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्याज की खरीद और किफायती कीमतों पर उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए नई दिल्ली में देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्याज की अस्थायी कमी को देखते हुए इसके मूल्य स्थिर करने के लिए राज्य में उपलब्ध प्याज की स्थिति बतायें उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्यारह हजार मीट्रिक टन प्याज के आयात की अनुमति दे दी है केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से एससी एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया है कि इस मामले को सात सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया जाए अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी एसटी को क्रीमीलेयर की अवधारणा में नहीं लाया जा सकता है इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो सप्ताह बाद विचार करने को कहा है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने नौसेना में पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है बिहार के मुजफ्फरपुर की शिवांगी को शार्ट सर्विस कमीशन पायलट प्रवेश योजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है पिछले वर्ष जून में उन्हें नौसेना में कमीशन मिला था रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक महिला अधिकारी सहित सातवें डोर्नियर कनवर्जन कोर्स के तीन प्रशिक्षु अधिकारी डोर्नियर पायलट के लिए पात्र हो गये हैं उन्हें आईएनएस गरूड में आयोजित सेरेमनी में यह सम्मान प्रदान किया गया संसद ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाना है उन्होंने चेतावनी दी कि ई सिगरेट तम्बाकू उत्पाद नहीं है लेकिन इससे स्वास्थ्य को गंभीर न्कसान पहुंचता है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य की तिरसठ हजार आंगनबाड़ी सेविकाएं स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अपनी सेवाएं दे रही हैं श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की तर्ज पर कई अन्य प्रदेशों में भी यह सेवा शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए सत्तर लाख परिवारों की तीन करोड़ छियासी लाख आबादी के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार और स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही हैं राज्य सरकार प्रदेश भर में तालाब पोखर आहर पईन समेत सभी जल संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त कर उनका जीर्णोद्धार करायेगी इसके लिए प्रदेश के तिरानवे हजार छह सौ तैंतालीस जल संरचनाओं के सर्वेक्षण का कार्य प्ररा कर लिया गया है सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि इनमें से दो हजार एक सौ पैंसठ जल संरचनाओं पर लोगों ने पक्का निर्माण कराकर अतिक्रमण कर लिया है वहीं दस हजार बानवे संरचनाओं पर कच्चा अतिक्रमण है ग्रामीण विकास विभाग ने इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक सौ पैंतीसवीं जयंती पूरे देश में समारोहपूर्वक मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके योगदानों को याद करते हुए उन्हे श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं इस अवसर पर राज्य में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के राजभवन के राजेन्द्र चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जन्म स्थान सिवान के जीरादेई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम मा आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिवस को मेधा दिवस के रूप में भी मना रही है इस अवसर पर आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में चौवालीस मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जायेगा इस समारोह में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा समेत कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग शामिल होंगे पछुआ हवा के रफ्तार पकड़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट शुरू हो गयी है मौसम विभाग ने बताया है कि पछुआ हवा चलने से पटना गया भागलपुर और पूर्णिया सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आयी है विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो तीन दिनों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान भी गिरेगा और ठंड बढ़ेगी साथ ही कोहरा और घना होगा ब्रडको ने पटना को जलजमाव से बचाने के लिए चार सौ करोड़ रूपये की योजना बनायी है इससे संबंधित प्रस्ताव का नगर विकास और आवास विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है इस राशि से पटना के एक सौ तीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ड्रेनेज सिस्टम का विकास होगा ताकि दोबारा जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो यह कार्य तीन चरणों में पूरा किया जायेगा इसके तहत मौजूदा व्यवस्था को अपग्रेड करने के साथ ही मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू होगा गया से गुजरने वाली उन्नीस जोड़ी ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा एक सौ दस किलोमीटर प्रतिघंटे से बढ़ाकर एक सौ बीस किलोमीटर प्रतिघंटे कर दी गयी है इससे ट्रेनों के परिचालन समय में कमी आयेगी यह बदलाव पन्द्रह दिसम्बर से लागू होगा सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान और ट्रायल शीघ्र होगा उन्होंने कहा कि अनुसंधान अधिकारियों को समय सीमा के अंदर जांच पूरी करनी होगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके राजधानी पटना के बाईस सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण केन्द्र बनाये जायेंगे जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इससे अगले कुछ महीनों में जिले में बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण संभव हो सकेगा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने पटना सदर फुलवारीशरीफ और दानापुर अंचल में छापेमारी कर आठ बिचौलियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गये बिचौलियां अंचल कार्यालय में अवैध तरीके से जाति आय जैसे अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों से पैसा लेते थे मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्कूली कराटे चैम्पियनशिप में बिहार ने तीन कांस्य पदक जीते हैं राज्य की नजराना शिवकृति और अनामिका ने अलग अलग आयु वर्ग में पदक प्राप्त किये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने हैदराबाद गैंग रेपकांड पर देशव्यापी आक्रोश को शीर्षक दिया है दुष्कर्म पर संसद से सड़क तक उबाल दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्यमंत्री आज से आरंभ करेंगे जल जीवन हरियाली यात्रा प्रभात खबर का शीर्षक है पटना मैट्रो के निर्माण के लिए लोन का रास्ता साफ दैनिक भास्कर ने बिहार की बेटी शिवांगी के पहली महिला पायलट बनने पर शीर्षक दिया है बचपन में गांव में हेलिकॉप्टर उतरते देखा तो उसी समय ठान लिया कि पायलट ही बनूंगी आज सच हुआ सपना

मुजफ्फरपुर की शिवांगी ने रचा इतिहास